राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महिलाओं के एक समूह ने तीन तलाक पर प्रतिबंध लगाने वाले इस ऐतिहासिक विधेयक को लाने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इन महिलाओं को सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों ने वोट बैंक की राजनीति के कारण तीन तलाक पर प्रतिबंध नहीं लगाया श्री जावड़ेकर ने कहा कि अधिकांश मुस्लिम देशों ने इस पर पहले ही प्रतिबंध लगा रखा है प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पूरे देशभर से मोदी जी को बधाई आ रही है क्योंकि समाज की ये करीति दूर कर रहे हैं और विपक्ष ने जो नारे बाजी की थी वो हार गई है और देश में बदलाव की लहर चल रही है पूर्व केन्द्रीय मंत्री विजय गोयल भी इस अवसर पर मौजद थे फिरोजाबाद की रहने वाली सिमरन फातिमा ने कहा कि वर्षों पुरानी चली आ रही प्रथा से हमें मुक्ति मिली हैं हम महिलाओं के लिए बहत अच्छा साबित होगा गस्से में आकर या कोई भी बात को लेकर छोटी छोटी बातों को लेकर तलाक बोल देते थे इससे महिलाओं को जिंदगी बर्बाद हो जाती थी वो बेचारी अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगी इसलिए अब उसमें कानून का खौफ आ गया है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संसद में विधेयक के पारित होने को नारी शक्ति की जीत बताया और कहा कि इससे समाज में और समानता आयेगी प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं के साथ लंबे समय से जो गलत होता आ रहा था उसे अब द्रूस्त कर दिया गया है एक पुरानी और मध्यकालीन प्रथा का अंत हो गया है उन्होंने कहा कि यह उन मुस्लिम महिलाओं के साहस को सलाम करने का अवसर है जिन्होंने तीन तलाक की कप्रथा के कारण तमाम तकलीफें सही हैं मोदी सरकार ने सितम्बर दो हजार अट्ठारह में और फरवरी दो हजार उन्नीस में दो बार तीन तलाक पर अध्यादेश जारी किया था लोकसभा में पारित होने के बाद इस विधेयक के राज्यसभा में लम्बित होने के कारण ये अध्यादेश लाने पड़े बीस से अधिक मुस्लिम देशों ने तीन तलाक पर पहले ही कानून बना रखे हैं सीबीआई ने उन्नाव द्ष्कर्म पीडिता की सड़क द्र्घटना मामले में भाजपा के निलम्बित विधायक कृलदीप सिंह सेंगर और दस अन्य पर हत्या का मामला दर्ज किया है एफ आई आर के अनुसार सी बी आई ने ऑपराधिक षड्यन्त्र रचने हत्या हत्या की कोशिश और आपराधिक धमकी देने के अंतर्गत पन्द्रह से बीस अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया है केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की सिफारिश पर कल यह मामला सी बी आई को सौंप दिया था रविवार को रायबरेली में दृष्कर्म पीडिता उसके परिवार के कृछ सदस्य और वकील जिस कार में जा रहे थे उसे तेजी से आते एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी इसमें परिवार के दो सदस्यों की मौत हो गई तथा पीडिता और वकील गंभीर रूप से घायल हो गए उच्चतम न्यायालय ने अपने महासचिव से रिपोर्ट मांगी है कि उन्नाव दष्कर्म पीडिता द्वारा प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को लिखा गया पत्र उनके सामने क्यों नहीं पेश किया गया पेत्र में महिला ने कहा कि उनकी जान को खतरा है और उन लोगों के नाम प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग की जिन्होंने उसके परिवार को कथित रूप से धमकी दी है रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ में न्यायमूर्ति दीपक गृप्ता और अनिरूद्ध बोस भी हैं पीठ ने इस बात पर दुख व्यक्त किया कि अखबारों ने ऐसी तस्वीर पेश की कि प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की

न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों से भी उन्नाव द्वष्कर्म पीडिता की दुर्घटना के बारे में स्थिति रिपोर्ट कल तक देने को कहा है दृष्कर्म पीडिता और उसके परिवार के दो सदस्यों द्वारा लिखे गए पत्र की प्रति इलाहाबाद उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को भी भेजी गई थी उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आज जयंती है उनका जन्म इकत्तीस जुलाई अट्ठारह सौ अस्सी को बनारस के निकट लमही गांव में हुआ था प्रेमचंद की कहानियां समाज के सच से सामना कराती हैं कफन नमक का दरोगा पंच परमेश्वर पूस की रात बूढ़ी काकी और ईदगाह जैसी उनकी कहानियां तथा गबन गोदान सेवा सदन और रंगभूमि जैसे उपन्यास हमेशा प्रासंगिक और कालजयी रहेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में मुंशी प्रेमचन्द की रचनाओं का उल्लेख करते हुए कहा था कि उनकी कहानियां समाज के कड़वे सच को उजागर करती है गोरखपुर सहित प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर प्रेमचन्द की जयंती पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं आकाशवाणी गोरखपुर के लेखाकार नजमुल हसन आज सेवानिवृत्त हो गये उन्होंने आकाशवाणी गोरखपुर में पैंतीस व र्णो तक अपॅनी सेवाएं दीं आकाशवाणी गोरखपुर द्वारा उन्हें भावभीनी विदाई दी गयी